मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा रोहडू के चांशल क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकास राज्य सरकार ने किन्नौर जिले की जंगी थोपान पोवारी जल विद्युत परियोजना एसजेवीएन को आबंटित की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो को संचार का सबसे सशक्त माध्यम बताया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि पहुंच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नहीं कर सकता

आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मन की बात के माध्यम से रेडियो अधिक लोकप्रिय हो रहा है

मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल से जुड़े एक किस्से को भी ताज़ा किया जिसमें रेडियो की लोकप्रियता का ज़िक्र किया गया है प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सुरेश शर्मा अनुराग ठाकुर इधर सांसद अनुराग ठाकुर ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश से जुड़ी यादों को साझा करने पर इसे प्रधानमंत्री का हिमाचल से विशेष प्रेम करार दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है

नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जलाल पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस के नदी में गिरने से ये हादसा हुआ है सभी घायलों का नाहन मैडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने हादसे पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना जताई है

ये बस दिल्ली की है और ये पर्यटक जुन्गा से चायल घूमने जा रहे थे

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने मण्डी ज़िले के टिहरा क्षेत्र में आज अनेक योजनाओं की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है और सभी गांवों को चरणबद्व ढंग से सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रोहडू क्षेत्र के चांशल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा रोहडू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए पर्याप्त अधोसंरचना उपलबध कराएगी ताकि अधिक संख्या में साहसिक और बर्फ खेल प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी मेदभाव से कार्य कर रही है और समग्र व संतुलित विकास पर ध्यान दिया जा रहा है

इस दौरान जयराम ठाकुर ने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप विधायक व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा ने भी जनसभा को संबोधित किया वीरेन्द्र कंवर राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्षयरोग पीड़ित गरीब व्यक्तियों को सस्ता राशन योजना में शामिल करेगी ऊना ज़िले के बंगाणा में आज एक कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से वार्ड स्तर पर क्षयरोग पीड़ित व्यक्तियों की पहचान कर प्रदेश को इस रोग से मुक्त करने के लिए प्रयास करने का आहवान किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजपूत समुदाय का विशेष योगदान रहा है नाहन में आज राजपूत विकास मंच के एक समारोह में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्वा देश की रक्षा के लिए आजीवन संघर्षरत रहे लेकिन उन्होंने गुलामी के साथ कमी समझौता नहीं किया बिंदल ने कहा कि देश के अनेक वीर सपूतों ने देश व धर्म की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर किया जिसे कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने रेडक्रॉस गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने का आहवान किया है धर्मशाला में आज रेडक्रॉस मेले के श्भारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा में निरंतर कार्य कर रही है किशन कपूर ने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई हैं और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाना सरकार की प्राथमिकता है

समापन अवसर पर सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से लोगों को सुलभ व सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई हैं राम स्वरूप शर्मा ने लोगों से रेडक्रॉस सोसायटी के लिए दिल खोलकर दान देने का आहवान किया

निगम के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने परियोजना को समयबद्ध पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इससे परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी उन्होंने एसजेवीएन में विश्वास जताने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्य सरकार का आभार जताया है मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल घाटी के हिंसा में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया

उन्होंने त्रिलोकनाथ में आयुर्वेदिक अस्पताल की आधारशिला रखी और जनसमस्याएं भी सुनीं इससे पहले उदयपुर में किसान मेले में मारकण्डा ने कहा कि घाटी के किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा गोविन्द ठाक्र कुल्लू ज़िले में राजकीय विद्यालय जाणा के नवनिर्मित भवन का वन मंत्री गाविंद ठाकुर ने आज उद्घाटन किया इसके अलावा उन्होंने स्कूल के लिए एक अन्य भवन की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन ज़िले के कसौली क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा कसौली इलाके के करयालघाट में आज एक मेला समारोह में उन्होंने कहा कि इससे शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे सैजल ने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने सिरमौर ज़िले के राजगढ़ में आज लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा एक जनसभा में उन्होंने केन्द्र सरकार पर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी मांग पूरा न करने का आरोप लगाया हिंसा उन्मूलन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा है कि समाज को नशा मुक्त बनाने में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं वे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर शिमला में हुए महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में बोल रही थीं उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल नेटवर्किंग के प्रयोग के संबंध में सुरक्षा सुझावों से जुड़ी जानकारी महिलाओं को दी गई मेला शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बमोत में दो दिवसीय ग्रामीण मेला आज संपन्न हुआ मेले के दौरान कई खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई गईं समापन अवसर पर भाजपा नेता प्रमोद शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए रक्तदान शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कुपवी विद्यार्थी कल्याण संघ ने आज रक्तदान शिविर लगाया

उन्होंने कहा कि समाज सेवा के उद्देश्य से संघ द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं